नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण प्रदेश में नगर निगम के महापौर सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी हो गई राज्य के तेरह नगर निगम के महापौर पद के लिए हुई आरक्षण की प्रक्रिया में राजधानी रायपुर सहित सात नगर निगमों को सामान्य घोषित किया गया है सिर्फ दो निगमं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं जिनमें से एक निगम महिला के लिए आरक्षित है वहीं एकमात्र निगम अनसुचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तीन निगम आरक्षित किए गए हैं जिनमें एक निगम महिला के लिए आरक्षित होगा मिली जानकारी के मुताबिक तेरह नगर निगमों में राजधानी रायपुर बिलासपुर भिलाई दूर्ग और बीरगांव को सामान्य घोषित किया गया है वहीं जगदलपुर और चिरमिरी सामान्य महिला वर्ग के लिए आरंक्षित किया गया है इसी तरह भिलाई चरोदा अनुसचित जाति रायगढ अनुसचित जाति महिला और अंबिकापुर अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है जबकि धमतरी और कोरबा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा राजनादगाव को अन्य पिछडा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है इसी तरह प्रदेश के तिरालीस नगर पालिक परिषद के लिए हुई आरक्षण की प्रक्रिया में इक्कीस नगर पालिक परिषद को सामान्य घोषित किया गया है जिनमें से छह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वहीं अनुसूचित जाति के लिए छह सीट जिनमें दो महिला वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए पांच सीट जिनमें से दो महिलाओं के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ग्यारह सीट आरक्षित हुई है इनमें से चार सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं वहीं एक सौ नौ नगर पंचायतों के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई नगरीय निकाय वार्ड आरक्षण रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिक निगम नगर पालिक परिषद और नगर पंचायतों के तहत वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही आगामी छब्बीस सितंबर को रायपुर में की जाएगी इसके तहत नगर पालिक निगम रायपुर नगर पालिक परिषद आरंग गोबरा नवापारा और तिल्दा नेवरा तथा नगर पंचायत माना कैम्प क्रा खरोरा और अभन्पर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में कहा कि युवाओं पर पडने वाले ई सिगरेंट के दृष्प्रभाव को देखते हुए यह अध्यादेश लाया गया ई सिगरेट संबंधी अध्यादेश का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है ई सिगरेट बैटरी चलित उपकरण है जो निकोटीन युक्त पदार्थ को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है जिससे नशा होता है ई सिगरेट पर प्रतिबंध से आम जनता विशेषकर बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को अटहत्तर दिन के बोनस को भी मंजूरी दे दी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस फैसले से ग्यारह लाख बावन हजार कर्मचारियों को लाम होगा जनचौपाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपूर में आयोजित जनचौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख तीर्थस्थल रतनपुर को तहसील और बेमेतरा जिले के दाढ़ी को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है श्री बघेल ने जनचौपाल में रतनपुर से आए नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान यह ऐलान किया वहीं जनचौपाल में मुख्यमंत्री ने रायपूर के कलेक्टर और पूलिस अधीक्षक को शहर की आबादी वाले क्षेत्रों में नियम विरूद्व संचालित प्लास्टिक फैक्ट्रियों के जांच के निर्देश भी दिए छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि नियम विरूद्व संचालित प्लास्टिक फैक्टियों के पास पर्यावरण विमाग से अनुमति प्रमाण पत्र भी नहीं है लेकिन उन्हें बिजली आपूर्ति की जा रही है वहीं मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले की वस्त्र बनकर सहकारी समिति सिवनी के बनकरों को अलसी के रेशों से वस्त्र तैयार करने जरूरी मशीनों के लिए पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है माओवादी समर्पण बीजापुर जिले में आज आठ लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया यह माओवादी पीएलजीए बटालियन नंबर एक का प्लाटून कमांडर था प्रलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि सुधीर कोरसा उर्फ प्रकाश नाम के इस माओवादी ने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज आत्मसमर्पण किया यह माओवादी ताड़मेटला और बुरकापाल जैसी घटनाओं में भी शामिल था

इसी के आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे इस संबंध में कल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और नगरीय निकायों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नियम दो हजार तेरह के उपखंड ग्यारह में यह प्रावधान किया गया है कि जहां जाति को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हों वहां ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प मान्य होगा इसी तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ साथ नगर पंचायत और नगर पालिक परिषद और नगर निगम के पारित संकल्प को साक्ष्य माना जाएगा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कोयला सम्मेलन कोयला क्षेत्र की समस्याओं के बारे में संबंधित पक्षों से चर्चा करने के लिए आज रायपुर भें एक सम्मेलन का आयोजन किया गया यह आयोजन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने मिलकर किया था इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए रेलवे हसदेव एक्सप्रेस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर रेलमंडल के तहत कोरबा और रायपुर के बीच इस माह रद्द की गई हसदेव एक्सप्रेस को आगामी इक्कीस सितंबर से फिर से चलाने का निर्णय लिया है रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस के दोनों रैकों में एलएचबी कोच होने के कारण रखरखाव कार्य े की घोषणा की गई थी इसके मद्देनजर इस गाडी का परिचालन बिलासपुर और कोरबा के बीच सितंबर माह में रद्द कर दिया गया था लेकिन रेल प्रशासन ने यात्रियों की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इक्कीस सितंबर से हसदेव एक्सप्रेस को फिर से नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया है ये गाड़ियां अपने निर्धारित समय सारिणी और ठहराव के अनुसार ही चलेंगी बोर्ड परीक्षा आवेदन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थी शिक्षा मंडल की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्वाध्यायी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए विद्यार्थी आवश्यक प्रपत्र सहित संस्था में सामान्य शुल्क के साथ सोलह अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं विलम्ब शुल्क साढ़े पांच सौ रूपये के साथ इकतीस अक्टूबर और विशेष विलम्ब शुल्क ग्यारह सौ रूपये के साथ तीस नवंबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर व्हीके गोयल ने दी उन्होंने बताया कि निर्घारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा आयकर छापा आयकर विमाग की टीम ने आज राजघानी रायपूर के कुछ उद्योगपतियों और व्यापारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की यह कार्रवाई टैक्स चोरी की सुचना मिलने के बाद की जा रही है इस कार्रवाई में उद्योगपतियों और कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों रूपये के चल और अचल संपत्ति के कागजात जेवर और नगदी भी जब्त किए गए हैं इन उद्योगपतियों और व्यापारियों के कोलकाता नागपुर और धनबाद स्थित ठिकानों में भी छापे की कार्रवाई की जा रही है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नवनीत कौर ने सौजन्य मुलाकात की भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए बीते जून माह में आयोजित की गई भर्ती रैली में शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण आवेदकों की लिखित परीक्षा आगामी छब्बीस अक्टूबर को होगी यह परीक्षा पहले सत्ताईस अक्टूबर को आयोजित की जानी थी लेकिन दीपावली पर्व के कारण परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है जांजगीर चांपा जिले में ग्राम खोखरा के गौठान में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के मामले में लापरवाही बरतने के कारण पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर वीके पटेल को निलंबित ं कर दिया गया है